न्यायालय ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं के खिलाफ पूरे देश से स्पष्ट प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय ने इस बारे में समाचार पत्रों और पोर्टलों में विभिन्न खबरों का स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया है पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी को न्यायालय मित्र नियुक्त किया है न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में वी गिरी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अलावा किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी पीठ ने उच्चतम न्यायालय पंजीयन शाखा को बच्चों से दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी शीर्षक से रिट याचिका के रूप में दर्ज करने को कहा है चिकित्सा कर्मी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों में स्थित अस्पतालों में चिकित्सकों और अर्द्दचिकित्सा कर्मियों के खाली पद भरने का परामर्श जारी किया है इसका उद्देश्य इन कर्मचारियों पर काम के बढ़ते बोझ को कम करना और चिकित्सकों रोगियों के वैश्विक अनुपात को बनाए रखना है लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मंत्रालय ने राज्यों के दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे चिकित्सकों और अर्द्व चिकित्सा कर्मियों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान करने का निर्णय लिया है

अंतरिक्ष मिशन भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के गगनयान मिशन में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और रूस ने पिछले दिनों नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के महानिदेशक दमित्री रोगोजिन शामिल हुए लोक अदालत प्रदेश में आज सभी जिला और तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया इन लोक अदालतों में बिजली बिल मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावावैवाहिक श्रम विवाद भूमि अधिग्रहण जलकर राजस्व जैसे मामले आपसी सहमति सुलझाये गये सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज आयोजित लोक अदालतों में न्यायालयों में लंबित मामलों सहित कई प्रकरण सुलझाये गये खंडवा में आयोजित लोक अदालत में बिजली चोरी सहित आपसी समझौते से हल किये जाने वाले मामलों पर विचार किया गया

जबलपुर अनूपपुर नरसिंहपुर उमरिया रीवा सतना सहित सभी जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि वहां भी लोक अदालतें आयोजित की गयी स्टेट बैंक नियुक्ति भारतीय स्टेट बैंक की प्रबंध निदेशक अंशुला कांत को विश्व बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है उन पर विश्व बैंक के वित्तीय और जोखिम प्रबंधन का उत्तरदायित्व होगा वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम प्रबंधन और विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ अंतरराष्ट्रीय विकास संघ और अन्य वित्तीय संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए कार्य करना उनके उत्तरदायित्वों में शामिल होगा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो विश्व के सबसे गरीब देशों की मदद करता है

ये गाड़ियां अब दिसम्बर माह तक चलेगी इन गाड़ियों के पहले जुलाई और अगस्त माह के पहले सप्ताह तक संचालित होना था पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारिक सुत्रों का कहना है कि यह निर्णय यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है ये गाडियां अब पहले निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही चला करेगीं वहीं बालाघाट में संचालन संबंधित कारणों की वजह से दो ट्रेने कल से दस दिन के लिये गोदिया बालाघाट के बीच निरस्त रहेगीं आयकर विभाग आयकर विभाग मध्यप्रदेश और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के प्राने और पहली बार करदाता बने लोगों को सम्मानित करेगा

कल संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंकने कहा कि विभाग ने दोनों राज्यों के छात्रों से लिखित घोषणा पत्र देने को कहा है कि उनके माता पिता ने ईमानदारी पूर्वक आयकर जमा कर दिया है उन्होंने कहा कि यह अभियान छात्रों को आयकर के बारे में जानकारी के लिए चलाया जा रहा है

धरना इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज इंदौर में मौन प्रदर्शन किया इस दौरान छात्रों ने पुलिस मुख्यालय के पास गांधी प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया

विश्व कप किकेट इंग्लैंड के लार्डस मैदान में कल आईसीसी विश्व कप किकेट का फायनल मैच मेजबान इंग्लैड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा इस बार दुनिया को नया विश्वकप विजेता देखने को मिलेगा

प्रादेशिक समाचार नई खबर कल रविवार से हम प्रादेशिक समाचारों में एक नई शुरुआत कर रहे है इसे हमने अच्छी खबर नाम दिया है अच्छी खबर में आप रूबरू होंगे प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है अच्छी खबर के जरिये हम समाज के उन अनाम योद्वाओं को सामने लाने का प्रयास करेंगे जो अपने अपने स्तर पर आम लोगों के जीवन को बदलने में जुटे हैं अच्छी खबर की श्रृंखला में कल सुबह सुनिए राजगढ़ की कहानी बादल पर पाँव हैं मौसम मानसून का कोई सिस्टम सक्रिय न होने की वजह से राज्य के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल बारिश का दौर थमा हुआ है मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपनी दिशा बदल दी है और दक्षिण पूर्व मानसून पश्चिम की ओर बढ़ गया है बारिश थमने के बाद धूप खिलने से वातावरण में उमस बढ़ गयी है साथ ही तापमान में भी बढौत्री हो रही है धूप की वजह से नमी में कमी आयी है जिससे कम दबाब का क्षेत्र नहीं बन पा रहा है और बारिश कम हो गई है मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि बारिश में लंबी खेंच होने से खरीफ की बुआई में देरी हो रही है